प्रदेश में आज से छठी से आठवीं कक्षाओं में पठन पाठन शुरू

बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों का लक्ष्य बारह करोड़ से अधिक लघ् और सीमांत किसानों की आकांक्षाओं को पूरा करना है प्रधानमंत्री आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे रहे थे केन्द्र सरकार द्वारा लागू किए गए कई सुधारों और योजनाओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार गरीबों और किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा और नए क्रषि कानून किसी भी तरह से क्रषि उपज विपणन समितियों को कमजोर नहीं करेंगे बाईट मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने अधिक प्रतिस्पर्धी होगी किसान बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है

प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भी कुछ क्रांतिकारी सुधार किए जाते हैं तब मतभेद होना स्वाभाविक है नये क्रषि कानूनों को वापस लेने की विपक्ष की मांग पर प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि रूकावटों से विकास हासिल करने में कभी भी मदद नहीं मिलती उन्होंने कहा कि पूरी चर्चा के दौरान किसी विपक्षी सदस्य ने किसानों के आन्दोलन के कारण का उल्लेख नहीं किया श्री मोदी ने कहा कि किसान आंदोलन में कुछ ऐसे लोग शामिल हो गये हैं जो देश का भला नहीं चाहते हैं

बाईट अच्छा करने के लिए अच्छे सुझावों के साथ अच्छे सुधारों की तैयारी के साथ हम सबकों आगे बढ़ना चाहिए मैं आप सबकों निमंत्रण देता हूं आइए हम देश को आगे ले जाने के लिए कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमने देश को आगे ले जाना होगा कोविड के खिलाफ देश की लड़ाई का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने इस काम में सभी के प्रयासों की सराहना की श्री मोदी ने कहा है कि भारत ने कोविड महामारी से निपटने में असाधारण सफलता हासिल की है श्री मोदी ने कहा कि भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया है उन्होंने कहा कि भारत हाल के दिनों में विश्व में औषधि का मुख्य केन्द्र बनकर उभरा है बाईट हमारे कोरोना वॉरियर्स हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स आप कल्पना कर सकते हैं कि जब चारों तरफ भय कहीं किसी से कोरोना आ जाएगा तो ऐसे समय ड्यूटी करना अपनी जिम्मेवारियों को निभाना छोटी चीजों पर गर्व होना चाहिए उनका आदर कना चाहिए और इन सबके प्रयासों को प्रणाम करें कि देश ने आज ये करके दिखाया है प्रदेश में अब तक तीन लाख अस्सी हजार तीन सौ अट्ठाईस स्वास्थ्यकर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को कोविड के टीके दिये जा चुके हैं इसमें तीन लाख इकसठ हजार से अधिक स्वास्थ्यकर्मी और लगभग आठ हजार अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी है प्रदेश में आज कई स्थानों पर फ्रंटलाईन वर्कर्स के साथ वरिष्ठ अधिकारियों ने भी टीके लिये सीतामढ़ी की जिलाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा ने टीका लेने के बाद कहा कि उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई है जिलाधिकारी ने लोगों से अपनी बारी आने पर बेझिझक कोविड का टीका लगवाने की अपील की

भारत विश्व में सर्वाधिक कोविड वैक्सीन लगाने वाले राष्ट्रों में तीसरे नम्बर पर पहुंच गया है पहले स्थान पर अमेरिका है जहां चार करोड़ चार लाख से अधिक लाभार्थियों को टीके दिये गये हैं वहीं ब्रिटेन में एक करोड़ उन्नीस लाख कोविड टीकाकरण हुआ है भारत में अब तक अंठावन लाख बारह हजार लोगों को कोविड के टीके लगाये गये हैं प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर निन्यानवे दशमलव एक दो प्रतिशत हो गई है एक दिन में एक सौ उनतीस मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या दो लाख उनसठ हजार नौ सौ पच्चीस हो गई है राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या सात सौ तिरासी है इधर देश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर संतानवे दशमलव दो शून्य प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घटों के दौरान ग्यारह हजार से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक एक करोड़ पांच लाख से अधिक रोगी संक्रमण मुक्त हो चुके हैं मूख्यमंत्री नीतीश क्रमार ने कहा है कि राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द किया जायेगा श्री कुमार ने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुये कहा कि भाजपा की ओर से जिस दिन सूची मिल जायेगी उसी दिन मंत्रिमंडल का विस्तार हो जायेगा प्रदेश के सभी स्कूलों में आज से वर्ग छह से आठवीं तक की कक्षाएं शुरू हो गयीं है पिछले दस महीने से इन कक्षाओं में पठन पाठन कोविड महामारी के खतरे के चलते बंद था अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही छात्रों को विद्यालय आने की अनुमति दी गयी है कक्षाओं में क्रमानुसार एक दिन में सिर्फ पचास प्रतिशत विद्यार्थियों को बैठने की अनुमति मिली है बाकी बचे पचास प्रतिशत छात्र अगले दिन स्कूल आयेंगे शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि फेस मास्क पहनने कक्षाओं के सेनेटाईजेशन सहित अन्य कोविड प्रोटोकॉल के पालन का निर्देश सभी संस्थानों को दिया गया है आज पहले दिन राज्यभर में इन कक्षाओं में बच्चों की उपस्थिति काफी कम देखी गयी राज्य सरकार ने सभी मरीजों के लिए एक सौ दो एम्बुलेंस सेवा निःशुल्क कर दिया है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस सेवा का लाभ अब वैसे सभी मरीजों को मिलेगा जो किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती होंगे अभी तक इसका लाभ सिर्फ साठ वर्ष से अधिक के बुजुर्गों राशन कार्डधारी मरीज कालाजार रोगी और चमकी बुखार जैसे मामलों में ही मिल रहा था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पीएमसीएच को देश के सबसे बड़े अस्पताल के रूप में विकसित करने की परियोजना का शुभारंभ किया श्री कुमार ने पीएमसीएच परिसर में पांच हजार पांच सौ चालीस करोड़ रूपये की लागत से बनने वाले नये भवन की आधारशिला रखी मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएमसीएच को विश्व स्तर के अस्पताल के रूप में विकसित किया जायेगा उन्होंने कहा कि अस्पताल का निर्माण तीन चरणों में प्रा किया जायेगा और निर्माण कार्य के दौरान वर्तमान परिसर में इलाज की प्रक्रिया बाधित नहीं होगी श्री कुमार ने कहा कि पीएमसीएच में इलाज की हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध होंगी और राज्य के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा

स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि पीएमसीएच को पांच हजार चार सौ बासठ बेड वाले अस्पताल के रूप में विकसित किया जायेगा परिसर में ही छात्रों और फैकल्टी तथा कर्मचारियों के लिए भी आवासीय व्यवस्था रहेगी वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रस्ताव दिया है कि न्यूनतम मजदूरी सभी श्रेणी के श्रमिकों के लिए लागू होगी और उन्हें कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत लाया जाएगा पिछले सोमवार को संसद में अपने बजट भाषण में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सरकार एक पोर्टल के माध्यम से गैर संगठित क्षेत्र के श्रमिकों विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों के बारे में उचित जानकारी इकट्टा करेगी वित्तमंत्री ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों के परिवारों को एक राष्ट्र एक राशन के अंतर्गत राशन लेने की भी अनुमति होगी

बाकी बचे हुए चार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अगले कुछ महीनों में इससे जुड़ जाएंगे वहीं वैश्विक रूप से पहली बार सामाजिक सुरक्षा के लाभ वंचित कामगारों तक भी पहुंचेंगे महिलाओं को सभी श्रेणियों में काम करने की अनुमति दी जाएगी और उचित सुरक्षा के साथ वह रात की शिफ्ट में भी काम कर सकती हैं इसी प्रकार कर्मचारियों पर एकल पंजीकरण लाइसेंस प्राप्त करना और ऑनलाइन रिर्टन के साथ अनुपालन भार कम किया जाएगा

अभी अभी खबर मिली है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर बैठक चल रही है इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और जदयू के वरिष्ठ नेता संजय झा और अशोक चौधरी के अलावा अन्य नेताओं के बीच विचार विमर्श जारी है सूत्रों ने बताया कि भाजपा और जदयू की तरफ से मंत्री बनने वाले लोगों की अंतिम सूची तैयार की जा रही है प्रदेशभर का मौसम अब सामान्य होने लगा है आज प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दिनभर ध्रप खिली रही मौसम विभाग के अनुसार अब ध्रप खिलने के साथ ही दिन के तापमान में बढ़ोतरी होगी इधर मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक रविन्द्र कुमार ने बताया कि पछुआ हवा के कारण रात के तापमान में गिरावट जारी रहेगी उन्होंने कहा कि अगले अड़तालीस घंटों के दौरान रात के तापमान में एक से तीन डिग्री सेल्सियस की कमी आयेगी

बरौनी में चल रही राज्यस्तरीय यमुना भगत मेमोरियल महिला फुटबॉल प्रतियोगिता में मुजफ्फरपुर ने समस्तीपुर की टीम को शुन्य के मुकाबले एक गोल से पराजित कर दिया इधर बेगूसराय के गांधी स्टेडियम में खेली जा रही प्रीमियर क्रिकेट लीग प्रतियोगिता के एक मुकाबले में बरौनी वारियर्स ने रिफाईनरी टस्कर्स को सात विकेट से पराजित कर दिया वहीं एक अन्य मैच में बीहट लायंस ने मटिहानी को चार रनों से हरा दिया सहरसा जिले के बंसनही थाना क्षेत्र के बथनाहा पूल के पास बैंक ग्राहक सेवा केन्द्र संचालक से अपराधियों ने साढ़े तीन लाख रूपये लूट लिये पूर्णियां जिले के मरंगा थाना क्षेत्र में अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाईकिल सवार तीन युवक की मौत हो गयी तीनों युवक कटिहार जिले के फलका थाना क्षेत्र के निवासी थे भागलपुर जिले के कहलगांव थाना क्षेत्र से प्रलिस ने दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक देशी पिस्तौल और छह कारतूस बरामद किया गया है

प्रदेश में आज से छठी से आठवीं कक्षाओं में पठन पाठन शुरू